शेरगांव बागवानी फार्म राज्य की समशीतोष्ण फलों की फसलों की खेती के लिए एक विशिष्ट संस्थान है जहां चालीस से भी अधिक प्रकारों की सेब उगाई जाती है सेब के अलावा फार्म में बेर नासपति चेस्टनट्स चेरी वालनट और खुरमा जैसे फलों की बागवानी भी की जाती है फार्म के किसानों बागवान और अधिकारियों के साथ बातचीत में राज्यपाल ने फार्म की व्यवस्था के लिए उनकी प्रशंसा की उन्होंने ग्रामीणों को खासतौर पर युवाओं को बागवानी और फलों के उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमिता के प्रति प्रेरित करने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक तरीके और तकनीक पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया

उन्होंने कहा है कि इससे विकास पर होने वाला खर्च प्रभावित होगा वे कल नई दिल्ली में कानून के छात्रों से बात कर रहे थे उप राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना लोगों के हाथ में है और मतदान करना केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है उप रास्ट्रपति ने अपना जन प्रतिनिधि चुनते समय लोगों से उम्मीदवारों के चरित्र आचरण क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखने को कहा उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का भी सुझाव दिया

नई दिल्ली में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सही नीति और क्रियान्वयन से ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया कैम्पेन सफल साबित होगा

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफ एस एस ए आई ने खाद्य सुरक्षा मित्र एफ एस एम योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से जागरुक लोगों को जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की योजना है खाद्य सुरक्षा मित्र एम एस एस ए आई द्वारा प्रमाणित पेशेवर होगा जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के नियमों के अनुपालन में तीन रुपों डिजिटल मित्र प्रशिक्षक मित्र और साफ सफाई मित्र के रुप में मदद करेगा समारोह के दौरान श्री हर्षवर्धन ने प्रनःइस्तेमाल में आने वाले धोए जा सकने और पर्यावरण अनुकूल ईट राइट झोलों की भी शुरुआत की पासीघात वेस्ट विधायक निनोंग इरिंग ने गत मंगलवार को ईस्ट सियांग जिले के देबिंग गांव में अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चलाने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के कार्यालय का उद्घाटन किया समारोह में श्री इरिंग ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में तलहटी और सादे उपजाऊ भूमि में कृषि बागवानी मत्स्य पालन और पशुपालन की अनेक संभावनाएं है उन्होंने बेरोजगार युवाओं से अपने आर्थिक सुजन गतिविधियों के लिए इन संभावनाओं का लाभ उठाने को कहा श्री इरिंग ने अरुणाचल राज्य आजीविका मिशन परियोजना के अंदर चलने वाली सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग आगामी उन्नीस अक्टूबर को ईटानगर में अपना तेरहवां स्थापना दिवस मनाने जा रही है इस दिवस के उपलक्ष्य में आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम दो हजार पांच विषय पर वार्षिक सम्मेलन का भी आयोजन करेगा सम्मेलन के दौरान राज्य जन संपर्क अधिकारी की भूमिका और सूचना के प्रकटीकरण से छूट जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी

नेशनल पीपुल्स पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष गिचो काबक के नेतृत्व में एन पी पी राज्य इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने कल ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू से मुलाकात की बैठक मे पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एन पी पी विधायक दल के नेता के रुप में तापुक ताकु के चुनाव की सूचना दी इस संबंध में श्री काबक ने गत मंगलवार को ईटानगर में आयोजित पार्टी विधायक दल की बैठक के दौरान अपनाई गई संकल्प की प्रति भी सौंपी बैठक में एन पी पी प्रतिनिधियों ने श्री खाण्डू के साथ राज्य सरकार के अंदर शुरु की गई विकासात्मक गतिविधियां नागरिकता संशोधन विधेयक और चकमा हाजोंग मामलों पर भी विचार विमर्श किया